एक करोड़ तिरसठ लाख रूपये से अधिक जुर्माना वसूला गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है उन्होंने कहा कि रविवार पांच अप्रैल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दिए और मोमबत्ती जलाकर अथवा मोबाइल के फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें बाइट घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दीया ट्रॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दीया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का अहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा आज राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेंश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में एकत्र न हों

रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना हैं अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कमी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है

ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेगे साथियों ये लॉकडाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था वह द्रसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस से निपटने के लिए पांच सूत्री मंत्र दिया है जिसमें संकल्प संयम सकारात्मकता सम्मान और सहयोग शामिल है वे आज नई दिल्ली में विभिन्न खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले चालीस प्रमुख खिलाडियों के साथ बातचीत कर रहे थे इनमें अन्य खिलाडियों के अलावा भारत रत्न सचिन तेंड्लकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांग्ली महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंध्र शामिल थीं श्री मोदी ने कहा कि खिलाडियों ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें सकारात्मक भावना का प्रसार करते हुए राष्ट्र का नैतिक बल बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए खिलाडियों ने रचनात्मकता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के संदेश के प्रसार का संकल्प व्यक्त किया

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखा है सरकार ने देश में कोविड उन्नीस का प्रसार रोकने के लिए इक्कीस दिनों का लॉकडाउन घोषित किया हुआ है गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अधिकारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर सुनिश्चित कर रहा है कि पूर्णबंदी का पूरी तरह पालन हो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है बाईट लॉक डाउन मैजर्स का वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध है और इस कांनटेक्स्ट में होम सेक्रेट्री ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि पब्लिक एथॉरिटीज और सीटिजंस के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सरक्युलेट करें जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव हो मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को कहा बाईट कोरोना की इस लड़ाई में हम सब देशवासी सरकार सभी मुख्यमंत्रियों हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सतत प्रयास में साथ खड़े हैं सभी वर्ग के सभी उम्र के लोग अपने अपने घरों में रूकें ये ही तो सच्ची देशमक्ति है तो आईये अपने परिवार को ये खुशनुमा पल दीजिए घर में रहिये और कोरोना को घर से बाहर रखिये फिल्म संगीतकार और गायक सलीम मर्चेंट ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की है

हमारे हेत्थ ऑफिसर्स का सारे डॉक्टर्स का नर्सेज का पुलिस फोर्स का और सारे कर्मचारियों का जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचा रहे हैं आप सभी लोग उनका सहयोग दें हमारी सरकार का सहयोग दें और प्लीज अपने घर पर रहें लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में अब तक लगभग पांच सौ बयालीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं जबकि तीन सौ सत्तावन लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौबीस मार्च से अब तक साढ़े सात हजार से अधिक वाहन जब्त किये गये हैं वहीं लॉकडाउन उल्लंघन करने पर एक करोड़ तिरसठ लाख से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है सबसे अधिक चौवन गिरफ्तारियां गया जिले में की गयी है इधर रोहतास जिले के डेहरी स्थित बीएमपी टू के चार सिपाहियों को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है वहीं औरंगाबाद जिले में रफीगंज के अंचलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह के साथ बिहार सैन्य पुलिस के जवानों द्वारा हाथापाई का मामला सही पाया गया है पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि लॉकडाउन के अनुपालन के क्रम में जवानों ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया कटिहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में एक दर्जन दुकानदारों और छह युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है बिहार में अब तक कोविड उन्नीस महामारी से उनतीस लोग संक्रमित हुये हैं राज्य में अब तक तीन मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और एक की मृत्यु हुई है प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में एक हजार नौ सौ तिहत्तर सैंपल की जांच की गयी जिसमें एक हजार नौ सौ चालीस निगेटिव पाये गये हैं इधर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोगियों की संख्या दो हजार तीन सौ एक हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एक सौ सत्तावन रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और अभी तक छप्पन लोगों की मौत हो चुकी है वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि पिछले दो दिनों में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेकर निकले तीन सौ सैंतालीस लोगों को संक्रमण हुआ है ये मरीज देश के चौदह राज्यों में हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड उन्नीस की चुनौतियों से निपटने में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने उल्लेखनीय योगदान किया है उन्होने कहा कि कोरोना वीरों की मेहनत का ही परिणाम है कि देश में महामारी को रोकने में काफी सफलता मिली है

ग्रह मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम के लिए लागू किए गए इक्कीस दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के तहत कुछ और सेवाओं को छूट दी है इनमें क़षि उत्पादों की सीधी बिक्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आय़ुष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूची में रखा गया है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं और उनसे संबंधित सामान के प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही छूट दी जाएगी इन सेवाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को उनके घर में ही पन्द्रह दिन में एक बार खाद्यान्न और पौष्टिक आहार का वितरण करना शामिल है नवीनतम आदेशों के अनुसार सरकारी विभागों की सहायता से कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आयुष के अंतर्गत अस्पताल और उनसे जुड़ी चिकित्सा सेवाओं के साथ ही दवाओं का निर्माण और उनकी पैकेजिंग से जूड़े लोगों को भी छूट की इस श्रेणी में शामिल किया गया है देशभर में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं एक रिपोर्ट बाईट सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए वाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

कोविड उन्नीस के मद्देनजर कोन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दवाओं की कोई कमी नहीं होगी

यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए खुद के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करेगा भारतीय रेलवे अपनी मालगाड़ियों के जरिये देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं का परिवहन कर रही है पिछले तीन दिनों में रेलवे ने सात हजार से अधिक वेगनों के माध्यम से देशभर में खाने पीने की चीजों का वितरण किया है

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं मुहैया कराने के लिए भी पहल की है

बिहार के बाहर विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों और मजदूरों के लिये मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से एक एक हजार रूपये की मदद दी जायेगी इसके लिये आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाईल एप्प तैयार किया है विभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आपदा डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट से इस एप्प को डाउनलोड किया जा सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि लोगों को कोविड उन्नीस को लेकर जो शंकाएं है उसके समाधान के लिए तकनीकी समूह बनाया गया है लोग इस पर अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं बाईट हम लोगों ने भी एक ज्वाइंट सैक्रेटरी और एम्स के डाक्टरों से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रैस है टैकनिकल क्वैरी डॉट कोविड नाइन्टीन एट जीओवी डॉट इन जिस पर कि लोग अपने टैक्निकल डाउट जो हैं उसके बारे में गाइडेन्स दे सकते हैं आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से प्रसारित मैथिली समाचार ब्रलेटिन संवाद के प्रसारण के समय में परिवर्तन किया गया है श्रोता अब यह प्रसारण प्रतिदिन शाम सवा छह बजे के स्थान पर शाम छह बजकर बीस मिनट पर सुन सकते हैं राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन से एक लाख एक हजार रूपये की राशि सहायता स्वरूप दी है इससे पहले राज्यपाल सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कोष में तीन लाख उनतीस हजार रूपये की राशि दी थी कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न संगठन आगे आ रहे हैं पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में भाजपा के विधान पार्षद राजेश कुमार के नेतृत्व में लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया इधर मुजफ्फरपुर जिले के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों का उपयोग आइसोलेशन केन्द्र के रूप में किया जायेगा वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रयोगशाला में आज चार सैंपल की जांच की गयी जिसमें सभी नमूने निगेटिव पाये गये हैं शेखपुरा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है पुलिस ने बताया कि दीपू भारती नामक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है इधर सीपीआई माले ने राज्य सरकार से खेतों में पकी हुई फसल की कटाई के लिए आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध किया है पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि फसलों की कटाई अभी बंद है जिससे आने वाले समय में बड़े नुकसान की संभावना है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत डहेरिया मलिन बस्ती में जिला प्रशासन ने कई दिनों से भूखे पांच सौ लोगों को खाने के पैकेट प्रदान किये दरभंगा जिले में स्थापित एक सौ चौसठ आसोलेशन केन्द्रों पर उन्नीस सौ से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया है प्रशासन की ओर से लोगों को भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है

एक करोड़ तिरसठ लाख रूपये से अधिक जुर्माना वसूला गया